बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में राजपथ पर परेड की सलामी ली इस मौके पर देश के इतिहास सांस्कृतिक विविधता और सामरिक शक्ति की भव्य झांकी निकाली गयी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय समर स्मारक पर देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया जहां राज्यपाल फागू चौहान ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे राज्यपाल ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में कानून का राज कायम रखना सरकार की प्राथमिकता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग में झंडा फहराया विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और विधानपरिषद में कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिह ने झंडोत्तोलन किया भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जयसवाल जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा राजद प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने झंडोत्तोलन किया अन्य राजनीतिक दलों के प्रदेश मुख्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पुलिस मुख्यालयों और इनर्जी इंटरनेशनल सहित अन्य कार्यालयों में भी तिरंगा फहराया गया हाजीपुर स्थित पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय में महाप्रबंधक ललित चन्द्र त्रिवेदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने भी उल्लासपूर्ण माहौल में गणतंत्र दिवस मनाये जाने की सूचना दी है केन्द सरकार ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान को पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित करने की घोषणा की है इसके साथ ही गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा मधुबनी पेंटिंग की कलाकार दुलारी देवी भागलपुर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह और लोक नर्तक रामचन्द्र मांझी को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गयी है रामविलास पासवान और मृदुला सिन्हा को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान करने की घोषणा की गयी है केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार स्वर्गीय पासवान को सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया जायेगा जबकि स्वर्गीय मृदुला सिन्हा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमें उन सभी पर गर्व है जिन्हें पद्म अलंकरणों के लिए चुना गया है श्री मोदी ने कहा कि भारत राष्ट्र और व्यापक मानवता के हित में उनके योगदान का सम्मान करता है उन्होंने कहा कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले इन असाधारण व्यक्तियों ने अन्य लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया है इधर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों को बधाई दी है प्रदेश के अठारह पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है इनमें से पांच पुलिस कर्मियों को वीरता पदक दो को विशिष्ट सेवा पदक और ग्यारह को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश त्रिपाठी को विशिष्ट सेवा पदक तथा पुलिस निरीक्षक वीरेन्द्र कुमार मेधावी और प्रदीप कुमार को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है वहीं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ पदाधिकारी राकेश राठी राजीव रंजन और सुशांत कुमार सरोज तथा सिपाही कामनी देवी को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के पांच सैनिकों को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया गया इनमें पटना जिले के सुनील कुमार समस्तीपुर के अमन सिंह सहरसा के कुंदन ओझा भोजपुर के चंदन कुमार और वैशाली जिले के जय किशोर सिंह शामिल है सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयां आज से भारत पर्व आयोजन कर रही है इस कार्यक्रम का आयोजन वर्चुअल तरीके से इकतीस जनवरी तक किया जाएगा यह कार्यक्रम देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करेगा और लोगों में देशभक्ति की भावनाएं पैदा करेगा प्रसार भारती ने अपना वर्चुअल कोन्द्र बनाया है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा देने की दिशा में प्रयासों को प्रदर्शित करेगा मंत्रालय की एक और इकाई ब्यूरो ऑफ आउटरीच तथा संचार मंत्रालय की एक अन्य मीडिया इकाई महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर स्वच्छ भारत सशक्त भारत बापू के सपनों का भारत से संबंधित फोटो वीडियो और एनीमेशन का प्रदर्शन करेंगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी प्रगति की है और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नया भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ

श्री कोविंद ने कहा कि शुरुआती दौर में सुधारों का मार्ग कठिन हो सकता है और उसमें कई बाधाएं सामने आ सकती हैं लेकिन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निसंदेह समर्पित भाव से काम किया है उन्होंने कहा कि हर भारतीय को किसानों का अभिनन्दन करना चाहिए जिन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन किया और बड़ी जनसंख्या वाले देश को अनाज और डेयरी उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया

राष्ट्रपति ने कहा कि देशवासियों ने आपस में परिवार की तरह एकजुट होकर महामारी के समय अनुकरणीय त्याग और सेवा का परिचय दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान को पद्म भूषण प्रदान करने की घोषणा को प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए शीर्षक लगाया है रामविलास मृदुला समेत बिहार के पांच को पद्म पुरस्कार दैनिक जागरण ने राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है दो तीन दिन में होगा कैबिनेट विस्तार दैनिक भास्कर ने चुनाव सुधार से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है देश में कहीं से भी बिहार के चुनाव में डाल सकते हैं वोट प्रभात खबर ने स्मार्ट सिटी योजना से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है शहर की तरह बाहरी इलाके भी बनेंगे स्मार्ट